शिमला में कल पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदान केन्द्रों में इन सभी मतदाताओं का स्वागत किया जाएगा देवेश कुमार ने बताया कि कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल में मतदाताओं के लिये सहायक पोलिंग ब्रथ बनाया गया है

देवेश कुमार ने ये भी बताया कि इस बार चुनाव से पहले वोटर स्लिप घर घर पहुंचाई जाएगी

भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में जनसभा को सम्बोधित करेंगे इस दौरान शिमला संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप भी उनके साथ मौजूद रहेंगे बाद में मुख्यमंत्री दून विधानसभा क्षेत्र के चंडी में भी जनसभा को सम्बोधित करेंगे इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाक्र नादौन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे कांगड़ा से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र जबकि मंडी से रामस्वरूप शर्मा जोगिन्द्रनगर के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करेंगे द्रसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर आज शिमला जिले के शिलारू कुमारसैन और किंगल सहित अन्य स्थानों पर जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे कांगड़ा से उम्मीदवार पवन काजल चंबा जिले के भटियात और हमीरपुर से पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर प्रागपुर जबकि मंडी से आश्रय शर्मा जोगिन्द्र नगर में चुनाव प्रचार करेंगे

डीसी शिमला शिमला ज़िले में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए पहले से चिन्हित हैलीपैडों के अलावा कुछ अन्य स्थान भी निर्धारित किए गए हैं ज़िला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने कल शिमला में बताया कि ये स्थल लिखित आवेदन पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे उन्होंने कहा कि इसके लिए राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को सुविधा सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है मंडी संसदीय क्षेत्र में पहली बार इस्तेमाल होंगी दो दो ईवीएम हिमाचल दस्तक के शब्द है इस बार युवा मतदाता बदलेंगे च्नाव का गणित हाईकोर्ट के आदेश को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है परिवहन कर्मियों को पोस्टल बैलेट पर हफ्ते में फैसला ले केन्द्र मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे निगम के कई कर्मचारी रिज पर रैलियों पर लगेगी रोक शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है पेयजल भंडारण टैंक में दरारें दीवारों तक पहुंची मैदान पर अधिक भार न डालने की सलाह दिव्य हिमाचल की एक खबर है डीसी कांगड़ा के खिलाफ कूदी भाजपा कांग्रेसियों की खातिरदारी के आरोप में पद से हटाने की मांग

इसी खबर पर आपका फैसला का शीर्षक है रोहतांग मढ़ी जाने के लिये ऑनलाईन परमिट आज से अब देश दुनिया के लोग कर पाएंगे दर्रे का दीदार

परवाणु में कार दुर्घटना से जुड़ी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिये हुए है